पछ्आ हवा चलने के कारण प्रदेशभर में ठंड बढ़ी

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र ग्यारह फरवरी से होगा शुरू

राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है पछ्आ हवा के चलने के कारण ठंड और बढ़ गयी इसका असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है कल पटना का न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया उधर गया का तापामन सात दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार कल तक न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस और गिरावट आने की सम्भावना है सुबह में ध्रंध छायी रहेगी हवा में नमी की मात्रा बढ़ने से कनकनी भी बढ़ेगी विभाग के अनुसार छब्बीस दिसम्बर के बाद ठंड और बढ़ने की आशंका है उधर घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात बाधित हो रहा है कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है पटना जिला प्रशासन की ओर से ठंड बढ़ने के कारण जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आगामी ग्यारह फरवरी से शुरू होगा जो उन्नीस फरवरी तक चलेगा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के कारण सत्र का आकार इस बार छोटा होगा इस दौरान कुल सात बैठकें होंगी पहले दिन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल लालजी टंडन का अभिभाषण होगा इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जायेगा नीति आयोग ने यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयू बत्तीस से घटा कर सत्ताईस वर्ष करने की सिफारिश की है आयोग ने वर्ष दो हजार बाईस तेईस तक चरणबद्ध तरीके से सिविल सर्विसेज के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु घटा कर सत्ताईस वर्ष करने का सुझाव दिया है नीति आयोग ने सिविल सेवा के लिए एक ही परीक्षा लेने की भी सिफारिश ही है केन्द्र सरकार वित्तीय संकट से निपटने के लिए बैंकों को तीन माह में तिरासी हजार करोड़ रूपये देगी केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इससे इन बैंकों की ऋण क्षमता बढ़ेगी और उन्हें रिजर्व बैंक की पाबंदी के दायरे से बाहर निकलने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में डूबे कर्जों के मामलों का जायजा लेने का काम पूरा कर लिया गया है उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कमी आ रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा दो हजार बीस में शामिल होने वाले ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा कर छब्बीस दिसम्बर तक कर दी है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के छब्बीस दिसम्बर तक फार्म भर सकते हैं उधर मैट्रिक परीक्षा दो हजार बीस में शामिल होने वाले नौवीं कक्षा के छात्र चौबीस दिसम्बर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लोकसभा ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक दो हजार अठारह पारित कर दिया है यह उपभोक्ता संरक्षण कानून उन्नीस सौ छियासी का स्थान लेगा विधेयक में खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है विधेयक में जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग की स्थापना का प्रावधान है वहीं लोकसभा ने स्वलीनता दिमागी पक्षाघात मानसिक मंदता और विविध विकलांगता वाले लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास संशोधन विधेयक दो हजार अठारह पारित कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर ताजपुर गंगा पुल परियोजना का हवाई सर्वेक्षण किया इसके बाद अधिकारियों की बैठक में उन्होंने बख्तियारपुर से मोकामा तक एलिवेटेड रोड बनाने का निर्देश दिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोलह विद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी है ये विद्यालय अपने शिक्षकों की सूची बोर्ड के साईट पर अपलोड नहीं की थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात रेडियो कार्यक्रम की यह इक्यावनवीं कड़ी होगी इस कार्यक्रम के लिए लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिन्दी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश भेज सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं आज से छब्बीस दिसम्बर के बीच बैंक पांच दिन बंद रहेंगे बैंक अधिकारियों ने कहा कि बंद के कारण लोगों को पैसे की दिक्कत नहीं होगी बंद के दौरान बैंक एटीएम में राशि की कमी नहीं होगी आज हड़ताल के कारण बैंक बंद है बाईस दिसम्बर को महीने का चौथा शनिवार है तेईस दिसम्बर रविवार की साप्ताहिक छूट्टी है चौबीस दिसम्बर को बैंकों में सामान्य दिन की तरह कामकाज होंगे पच्चीस दिसम्बर को क्रिसमस की छुट्टी है जबकि छब्बीस दिसम्बर को बैंकों की हड़ताल है प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण क्मार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई के तहत प्रदेश में प्रत्येक दिन दो हजार इकसठ आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण किये जा रहे हैं उन्होंने पटना में कहा कि पीएमएवाई के तहत राज्य में अबतक लगभग दो लाख पचास हजार आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है श्री कुमार ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के तहत दो हजार दस ग्यारह से अबतक उन्नीस लाख बाईस हजार आठ सौ अस्सी आवासों का निर्माण कार्य प्रा कराया गया है जिसमें से वित्त वर्ष दो हजार सत्रह अठारह में छह लाख छब्बीस हजार चार सौ नौ आवास बनकर तैयार हुए हैं प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून पीएमएलए के तहत बिहार के पांच प्रमुख माओवादी नेताओं की दो करोड़ पचासी लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है ईडी के सूत्रों ने बताया कि इन माओवादियों की चल अचल संपत्ति भी जब्त की गयी है जिसमें जेसीबी मशीन एसयूवी और प्लॉट शामिल हैं औरंगाबाद जिले के शिवगंज इलाके से सीआरपीएफ और पूलिस की संयुक्त छापेमारी में नक्सली सब जोनल कमांडर सुनील खत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है गिरफ्तार नक्सली के पास से एक रिवाल्वर कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है उधर भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के करैला नयाटोला गांव से प्रलिस ने चौदह वर्षो से फरार आलोक मंडल उर्फ बोतला को गिरफ्तार कर लिया है उसके पास से एक देशी कहा पांच जिंदा कारतूस बरामद किया गया है समस्तीपूर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के रहआ मोड़ पर अपराधियों ने एक निजी फायनांस कंपनी के कर्मचारी से दो लाख रूपये लूट लिये वहीं सारण जिले के सोनपूर थाना क्षेत्र के बाकरपूर गांव में अपराधियों ने एक व्यवसायी से डेढ़ लाख रूपये लूट कर फरार हो गये इधर रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के तार बांग्ला मोड़ के पास अपराधियों ने महिला पुलिसकर्मी से दो लाख रूपये छीन लिये पुलिस मामलों की जांच कर रही है राजस्व विभाग में इकतीस हजार से अधिक पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि बहाली में एनआईसी की मदद ली जायेगी उसके सफ्टवेयर के उपयोग से चयन की प्रक्रिया जल्द और पारदर्शी तरह से पूरी होगी पश्चिम चंपारण जिले के नौतन थाना क्षेत्र के ब्रधवलिया गांव से पूलिस ने पांच अपराधियों को हथियार और शराब के साथ गिरफ्तार किया है वहीं भोजपूर जिले में पुलिस ने रिमांड होम में बंद एक बाल बंदी से मिलने आये दो लोगों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने हाजीपुर में दवा व्यवसायी की हत्या से जुड़ी खबर को प्रमुख सुर्खी बनाया है और इससे जुड़े तथ्य भी प्रकाशित किये हैं हिन्दुस्तान की सुर्खी है गठबंधन पर सियासत गरमाई इसके साथ ही उपेन्द्र कुशवाह के महागठबंधन में शामिल होने और लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की खबर को प्रमुखता मिली है दैनिक जागरण की सुर्खी है बढ़ा सर्दी का सितम पटना का पारा नौ डिग्री गया सबसे ठंडा प्रभात खबर ने बख्तियारपुर से मोकामा के बीच एलिवेटेड पुल बनाने की खबर को प्रमुखता दी है दैनिक भास्कर की सुर्खी है बालिका गृह में सब ठीक ठाक होने का सर्टिफिकेट देने वाले अफसर ने आखिकार किया सरेंडर और अब अंत में मुख्य समाचार पछ्आ हवा चलने के कारण प्रदेशभर में ठंड बढ़ी

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र ग्यारह फरवरी से होगा शुरू